आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार सांझा करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना होगा और आने वाले कई दिनों के लिए लक्ष्मण रेखा का पालन करना होगा उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का पक्का इरादा और संयम इस संकट का सामना करने के लिए मददगार होगा श्री मोदी ने कहा कि पूरी मानवता को इस वायरस का मुकाबला करने के लिए एक जूट होकर कदम उठाना होगा जो समूची मानव जाति को खत्म करने पर तूला हआ है

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कोरोना के खिलाफ जंग जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई की तरह है इसलिए ये सख्त कदम उठाने पड़े है श्री मोदी ने कहा कि द्निया में इसके प्रकोप को देखते हये यही एक रास्ता बचा था उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी उन्होंने इसके कारण लोगों को हो रही अस्विधा के लिए माफी भी मांगी श्री मोदी ने कहा कि तालाबंदी के दौरान जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे है वे अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे है उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग तालाबंदी की पालना नहीं करते उनहें ये समझ लेना चाहिए कि उनको अपने आप को कोरोना वायरस की मार से बचाना म्श्किल हो जायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वभर में बहृत से लोग इस भ्रम में थे और वे अब अपनी गलती पर पछता रहे है देश और विदेश जैसी स्थिति न बने इसके लिए निरंतर प्रयास करना है श्रीमोदी ने कहा कि क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग अभूतपूर्व और च्नौतीपूर्ण है इस समय क्छ ऐसे फैसले लिये गए है जो विश्व इतिहास में पहले कभी नहीं सुने थे प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारतीय ने जो कदम उठाये है और जो प्रयास किए जा रहे है उन्हें यकीन है कि भारत इस महामारी पर विजयी होगा श्री मोदी ने कहा कि गरीबों के साथ हमारी सबसे ज्यादा हमदर्दी होनी चाहिए उन्होंने कहा कि हमें उनकी जरूरतों के बारे में सोचना चाहिए और भारत ऐसा कर सकता है क्योंकि ये हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों का हिस्सा है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी बीमारी और इसके खतरे को पनपने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस पूरी द्निया के ज्ञान विज्ञान अमीर गरीब बलवान और कमज़ोर के लिए चुनौती बना हुआ है उन्होंने बताया कि यह वायरस किसी देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है और न ही किसी इलाके और ऋतु का लिहाज करता है उन्होंने कहा कि यही कारण है कि उन्होंने आज मन की बात कार्यक्रम में इस विषय पर अपनी बातचीत केंद्रित की है श्री मोदी ने कहा कि वे दशवासियों की भावनाओं को समझते हये उनसे माफी मांगना चाहते है कि क्योंकि उन्होंने कठोर फैसला लिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस युद्व में बहुत सारे योद्वाओं ने मोर्चा संभाला हुआ है जो अपने घरों से बाहर जाकर काम कर रहे है उन्होंने कहा कि इन सिपाहियों में विशेषकर डयूटी पर काम कर रही नर्से डाकटर पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य लोग शामिल है उन्होंने लोगों को जरूरी वस्त्ओं की आपूर्ति करने वाले लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त किया उनके मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उन लोगों से भी टेलीफोन पर बातचीत की जो इस बीमारी से निजात पा चुके है उन्होंने क्वारंटीन केन्द्रों और अस्पतालों में काम कर रहे वरिष्ठ चिकित्सकों से भी बात की और उनके माध्यम से आम जनता को इस बीमारी से भयभीत न होने लेकिन रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने का संदेश भी दिया

इस बीच केन्द्र ने राज्यों को निर्देश दिये है कि श्हरों और एक राज्य में दूसरे लोगों के आने जाने पर रोक लगाई जाये अब क्छ अच्छी खबर हरियाणा में कोरोना वायरस से संक्रमित छ मरीज़ पूरी तरह से स्वस्थ हो गये है जिनमें से पांच व्यक्ति ग्रूग्राम जिले के और एक व्यक्ति फरीदाबाद जिले का है स्वस्थ्य हुये लोगों में गुरूग्राम जिले का पहला पोजिटिव व्यक्ति भी शामिल है स्वस्थ हये लोगों को घरों में भेज दिया गया है

मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के स्वाथ्स्य मंत्री अनिल विज ने इस बात पर संतोष व्यक्त करते हये लोगों से पूर्ण सहयोग की कामना की है उम्मीद जता ई है कि प्रदेश में कोरोना पर विजय पाई जा सकेगी

हमारे संवाददाता ने बताया कि ग्रूग्राम में अब पांच पोजिटिव और फरीदाबाद में दो पोजिटिव मामले रह गये है हरियाणा के अम्बाला में भर्ती जो न्या पोजिटिव मामला सामने आया है वो पंजाब के पटियाला जिले के घनौर हलके के गांव राम नगर सैनियां से है

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन कर्फ्य् में दी गई पील के विरूद्व दायर की गई जनहित याचिका खारिज की दी है न्यायामूर्ति राजीवन शर्मा और न्यायमूर्ति आर के जैन की पीठ ने याचिका खारिज करते हये प्रशासन ने निर्णय को सही बताया है काबिलेगौर है प्रशासन के छूट देने के निर्णय की पीजीआई के डाक्टरों और मेडीकल स्टाफ व अन्य द्वारा विरोध किया जा रहा है

जींद में महिला प्लिस ने एक अच्छी पहल की है महिला प्लिस झ्ग्गी झोपडिय़ों और गरीबों तक जाकर खाने के लिए पैकट और मास्क बांट रही है शीला अनीता मोनिका सहित कई महिला प्लिस कर्मियों ने बताया कि उन्होंने पहले बस्तियों में जाकर उनके हाथ साफ करवाये फिर उन्हें खाना खिलाया और साथ ही मास्क भी बांटे उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा भिवानी के जेलर सत्यावान ने बताया कि सरकार के प्रयासों के फलरूवरूप स्थानीय सामाजिक संसथायें जेल में राशन उपलब्ध करवा रही है ताकि जेल के कैदियों द्वारा खाना तैयार करके प्रशासन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सके उन्होंने कहा कि बंदियों दवारा भी स्वेच्छा से यह सेवा दी जा रही है ताकि शहर मे किसी को भूखे पेट न सोना पड़े

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने पीजीआईएमएस रोहतक भगत फूल सिंह चिकित्सा महाविद्यालय महिला खानप्रकलां शहीद हसन खान मेवाती सरकारी ेमेडिकल कालेज नलहर कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कालेज करनाल और अग्रोहा के महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय में नई प्रयोगशालायें श्रू करने का निर्णय लिया है आज तड़कसार गुरूग्राम के बिलासपुरा क्षेत्र में मानेसर के पास कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे एक ट्रम द्वार टक्कर मारे जाने से पांच लोगों की मौत हो गई जबकि सात घायल हो गये मतृकों में एक महिला और बच्चा शामिल है